इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना है चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग तीन दर्जन शराब की भट्टीयों न् को ध्वस्त किया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

देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें बेटियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक किया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए देश की बेटियों की सराहना की है

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने अभिभावकों से बालिकाओं को बढ़ावा देने और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सभी अवसर उपलब्ध कराने को कहा है उन्होंने बालक और बालिकाओं में भेद समाप्त करने की भी अपील की है एक संदेश में श्री नायड् ने कहा कि लड़कों को बचपन से ही लड़कियों का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं पर अपराध नहीं होने चाहिए तथा अपराधियों के खिलाफ कडी कार्रवाई होनी चाहिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर देश की सभी बेटियों को श्भकामनाएं दी हैं अपने टवीट संदेश में उन्होंने कहा कि बेटियां हमारे परिवार समाज और देश का गौरव हैं उन्होंने कहा कि आज लडकियां देश की रक्षा सहित जीवन के हर मोर्चे पर सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं श्री सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान से नये भारत की बुनियाद मजबूत हो रही है उन्होंने कहा कि बेटियों का सशक्तिकरण देश के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा एक संदेश में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओं अभियान के कारण स्कूलों में लडकियों के दाखिले बढे हैं तथा लडके लडकियों के अनुपात में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकार लडकियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है केन्द्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिकाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है जो विभिन्न स्तरों पर बालिका शिक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है इसके अलावा देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े विभिन्न हिस्सों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को मंजूरी दी गई है ये विद्यालय स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लैंगिक अंतर को कम करेंगे और वंचित समुदायों की बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे केन्द्र ने माध्यमिक शिक्षा में व्यवसायगत पाठ्यक्रमों को मदद दी है जिससे बालिकाओं को अपनी पसंद का पाठ्यक्रम चुनने का अवसर मिला है इससे लैंगिक भेदभाव भी कम होगा शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजनाओं वाले समग्र शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत की है इसके तहत बालिकाओं की शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार की ओर से कई तरह के प्रावधान किए गए हैं सरकार द्वारा अपने प्रमुख कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई है वंचित तबकों की बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने और स्कूलों में अधिक से अधिक संख्या में बालिकाओं के दाखिले को प्रोत्साहित करने का भी उद्देश्य है साथ ही केन्द्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक कौशल को भी जोड़ने की व्यवस्था की है जिससे बालिकाएं अपनी पसंद के विषय चुन सकेंगी

जिले के उच्च विद्यालय बरहेट में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की ओर से किया गया

कोरोना वैक्सीन आने के बाद पदाधिकारियों और कर्मचारियों की अति व्यस्तता के कारण इसे बढ़ाया गया है

पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों की पहचान आंगनबाड़ी कर्मचारी कर रहे हैं देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा इसका उद्देश्य मतदाताओं विशेषकर नये मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में उन्हें मतदाता सूची में शामिल करना है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना है

हालांकि प्रलिस को देखते ही शराब तस्कर भट्टी छोड़कर फरार हो गए यह अभियान पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के निर्देश पर हंटरगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलाई गई हंटरगंज थाना क्षेत्र के जबड़ा पनारी नवाडीह खरौना के जंगलों में अवैध रूप से महुआ शराब भट्टी चलाने की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की इस संबंध में चतरा एसपी ऋषभ झा ने बताया कि सभी शराब की भट्टियां वन भूमि में अवैध रूप से संचालित की जा रही थी जानकारी मिलते ही करवाई कर शराब भट्टी को नष्ट किया गया है उन्होंने बताया कि इस धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

जानी मानी फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान समारोह में मुख्य अतिथि हैं समारोह में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो और सांसद रवि किशन भी उपस्थित रहे गोवा के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और सचिव अमित खरे भी कार्यक्रम में शामिल हुए इस समारोह में वर्ष के व्यक्तित्व पर्सनेलिटी ऑफ दि ईयर बिस्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया समापन समारोह में स्वर्ण मयूर और अन्य प्रस्कारों की घोषणा की जाएगी

सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्काार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार असाधारण योग्यता और नवाचार स्कूली उपलब्धि खेल कला और संस्कृति सामाजिक सेवा तथा बहाद्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान कर रही है

इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी उपस्थित रहेंगी रांची समेत पूरे राज्य में अब कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है

रांची में एक संक्रमित मरीज की मौत भी हुई

अब पूरे राज्य में संक्रमितों की संख्या एक लाख अट्ठारह हजार एक सौ चौवन हो गई है वहीं एक लाख सोलह हजार एक सौ सोलह ठीक भी हो चुके हैं

लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने बताया कि जिले में तीस जनवरी से तेरह फरवरी तक स्पष्ट कृष्ट जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कृष्ट रोग से बचाव और इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गांव गांव में अभियान चलाया जा रहा है रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक अब भी जारी है तमाड़ के कुंदला गांव में बुधराम मुंडा को जंगली हाथियों ने कल देर रात पटक कर मार डाला यह घटना उस वक्त की है जब मृतक शौच के लिए बाहर निकला था और आंगन में हाथी से उसका सामना हो गया उसे हाथी ने सुंड़ में लपेट कर पटक दिया घटना के बाद गांव वालों ने हाथी को भगाया और वन विभाग को रात में ही इसकी सूचना दी गयी

धनबाद पुलिस की सूचना पर रांची से पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने इन बंमों को निष्क्रिय किया पुलिस ने झरिया थाना क्षेत्र में पकड़े गए एक व्यक्ति की निशानदेही पर धनसार थाना क्षेत्र के पुराना स्टेशन स्थित रेलवे क्वार्टर में छापेमारी कर यह बम बरामद किया यह छापेमारी कल देर रात झरिया और धनसार क्षेत्र की पुलिस ने की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है

इस दौरान जवानों द्वारा मार्च पास्ट कर सलामी दी जाएगी इसे लेकर जवानों ने आज परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया सिटी एसपी सौरभ ने पुलिस जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार समारोह का आयोजन किया गया है सभी अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक निभाएं गणतंत्र दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा कई झांकियां निकाली जाएंगी इसमें सबसे उत्कृष्ट झांकी बनाने वाले विभाग को पुरस्कृत भी किया जाएगा